मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मामले में पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधिकारियों पर की कार्रवाई रांची के दो थानेदारों को किया निलंबित नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता ईनामी नक्सली सहित चार को किया पलामू पुलिस ने गिरफ्तार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

मास्क पहनें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 हाथ और मंह साफ रखें झारखंड सरकार ने बिजली के भुगतान को लेकर त्रिपक्षीय समझौते से खुद को अलग करने का फैसला किया है झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बिजली के भुगतान को लेकर केन्द्र सरकार झारखंड सरकार और भारतीय रिर्जव बैंक के बीच हुए समझौते को समाप्त किया जाये कैबिनेट की बैठक में पारित प्रस्ताव में बताया गया है कि केन्द्र सरकार के बकाये पैसे को रिर्जव बैंक झारखंड के खाते में जमा पैसे को काट लेता है इससे राज्य सरकार को वित्तीय समस्याएं आती हैं कैबिनेट सचिव अविनाश कुमार ने कहा है कि झारखंड सरकार इस त्रिपक्षीय समझौते से खुद को अलग करने का फैसला किया है हाल ही में केन्द्र सरकार के बकाये राशि को रिर्जव बैंक के पास जमा झारखंड की राशि से काट ली गयी थी इसके तहत अगले दो महीने में और धनराशि को काटना था जिसे लेकर झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है मुख्यमंत्री के काफिले को रांची के किशोरगंज चौक के पास रोकने के मामले में पुलिस महानिदेशक ने कार्रवाई की है पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने आज कोतवाली और सुखदेवनगर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है घटना के दौरान दोनों पुलिस पदाधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए यह कार्रवाई की गयी है पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस मामले की जांच को लेकर उच्च स्तरीय समिति बनायी गयी है और जांच में जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके ऊपर कारवाई की जायेगी आज पुलिस महानिदेशक ने अचानक रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दो थाना प्रभारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए इसके अलावा डीजीपी ने विधि व्यवस्था कायम रखने पर जोर दिया ओरमांझी में युवती की मिली सिर कटी लाश पर भी बैठक में चर्चा हुई वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनायी गयी है साथ ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए सरकार ने दो सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है समिति को काफिले पर हुए हमले की जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन यथाशीघ्र समर्पित करने को कहा गया है इसके अलावा रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से शो कॉज की मांग की गयी है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के काफिले पर हुए हमले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए सरकार ने दो सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है इस समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के एक एक वरीय अधिकारी शामिल किए गए हैं समिति को मुख्यमंत्री के काफिले पर हॅए हमले की पुरी जांच कर विस्तत प्रतिवेदन देने को कहा गया है इसके अलावा रांची के उपायक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से शो कॉज की मांग की गई है जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला झारखंड मंत्रालय से लौट रहा था तभी किशोरगंज चौक के समीप उपद्रवियों ने सुनियोजित साजिश के तहत काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की थी हालांकि रांची पुलिस ने सुझबुझ का परिचय देते हए मुख्यमंत्री के काफिले को रूट डायवर्ट कर सुरक्षित मुख्यमंत्री आवास पहुंचाया था इस गंभीर घटना के कारणों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है झारखंड विधानसभा पर्यावरण एवं प्रद्रषण नियंत्रण समिति ने लोहरदगा जिला भ्रमण कार्यक्रम के दसरे दिन कई स्थानों का औचक निरीक्षण किया समिति द्वारा सर्वप्रथम हिंडाल्को डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया गया इसके बाद समिति द्वारा निंगनी स्थित रानी राईस मिल के निरीक्षण में प्रद्यषण नियंत्रण से संबंधित खामियों को एक सप्ताह में दुरुस्त करने का निर्देश दिया नगर पर्षद का कचरा निस्तारण स्थल और कड़ के चेतर स्थित बालाजी क्रशर का निरीक्षण किया गया सभी जगहों पर विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण के बिंदुओं पर अनियमितता पायी गयी पर्यावरण के उल्लंघन के मामले में समिति द्वारा हिंडाल्को प्रबंधन को शहरी क्षेत्र के लोगो में हो रहे दुष्प्रभाव को रोकने की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया बालाजी क्रशर चेतर कुड़ू के संचालक को चेतावनी दी गई कि पर्यावरण के अधिनियमों का पालन किया जाय अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल चुनाव अभियान प्रबंधन के लिए तीन सदस्यीय कमिटी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम को शामिल किया है कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती गांधी ने श्री आलमगीर आलम के संगठनात्मक कार्य क्षमता को देखते हुए उनको बंगाल इलेक्शन की बड़ी जिम्मेवारी दी है झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है कि विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम के नेतत्व में पश्चिम बंगाल इलेक्शन कैंपेन मैनेजमेंट सुचारू रूप से निष्पादित किया जाएगा

इस श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है आदिवासी संमुदायों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों पर नजर सरकार ने आदिवासी समुदायों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उनके लिए कई योजनाऐं शुरू की हैं पिछले वर्ष आदिवासियों के कल्याण से संबंधित छात्रवृत्ति योजनाओं और अन्य व्यय के लिए डिजिटल और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के तहत कार्य किए गए आदिवासी अनुसंधान के साथ आदिवासी औषधि क्षेत्र भी प्राथमिकता का क्षेत्र रहा

उन्होंने कहा इसके तहत देशभर में कई एकलव्य मॉडल विद्यालय कार्य कर रहे हैं

पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक लाख के इनामी नक्सली और कुख्यात अपराधी सरगना डब्ल सिंह गिरोह के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है वहीं एक नक्सली को भी गिरफ्तार किया गया है पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि इनामी नक्सली गुड्ड सिंह नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है वह पिछले छह वर्ष से फरार चल रहा था उसर्क खिलाफ नौडीहा बाजार थाना में आठ अपराधिक मामले दर्ज हैं सारे मामले गंभीर हैं गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली गुजरात के सूरत जिले के कोसंबा थाना क्षेत्र में छिपकर रह रहा है सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट सनतानबे दशमलव आठ सात प्रतिशत हो गई है अब प्रदेश में एक हजार चार सौ बाइस सक्रिय मामले हैं

जबकि एक लाख तेरह हजार तीन सौ अस्सी मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार अड़तीस लोगों की मौत कोरोना से हई है वहीं झारखंड में अबतक अडतालीस लाख सढसठ हजार चार सौ तीस कोविड नमुनों की जांच की गई है

मृतकों में रांची और हजारीबाग से एक एक मरीज शामिल हैं भारतीय रेलवे ने यात्री किराया बढाए जाने की सम्भावनाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों को निराधार बताया है रेलवे ने स्पष्ट किया कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है और किराया बढाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है रेलवे ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचे जामताड़ा महाविद्यालय परिसर में आज दिशोम सोहराय पूजा का आयोजन किया गया आदिवासी कल्याण छात्रावास में आयोजित सोहराय पूजा में मुख्य अतिथि के रुप में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि सभी भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर लोग सोहराय पर्व मनाते हैं उन्होंने कहा कि प्रकृति की अदभुत छटा के बीच आपस में मिलकर लोक नृत्य गीत का आनंद लेते हुए इस पर्व को मनाते हैं उन्होंने सोहराय के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की इस दौरान महाविद्यालय परिसर में आदिवासी छात्र छात्राओं ने पारंपरिक आदिवासी नृत्य गीत प्रस्तुत किया उपराजधानी द्मका में जिला स्तरीय किसान मेला सह क्रषि प्रदर्शनी का आयोजन इंडोर स्टेडियम में किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख उपस्थित थे कार्यक्रम के पूर्व कृषि मंत्री ने कृषि विभाग द्वारा लगाये गए विभिन्न स्टॉल और प्रदर्शनी का निरीक्षण किया कृषि मंत्री बादल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार और विभाग किसानों को लेकर चिंतित है किसानों की आय में वद्मि हो उनके जीवन मे बदलाव आए इसी सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है

सरकार खेती की दिशा और दशा को बदलने में लगी है जीडीपी में योगदान को बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार हो चुका है द्मका जिला में सरैयाहाट जामा और जरमुंडी में कोल्ड स्टोरेज खोलने का प्रस्ताव है साथ ही बहत जल्द गो मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाएगा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार से सभी पार्क और मनोरंजन स्थलों को खोलने की अनुमति देने की मांग की है कमेटी ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटर भी खोलने का आग्रह किया है

चरणबद्व तरीके से कोचिंग सेंटर को भी खोलने की अनुमति दी जाए पार्क मनोरंजन स्थल सिनेमा हॉलकोचिंग इंस्टीट्यूट पर हजारों लाखों लोगों की जीविंका निर्भर करती है कोरोना के घटते प्रभाव एवं राज्य सरकार के नियंत्रण के फलस्वरूप इन संस्थानों को अब खोलना अति आवश्यक है श्री दूबे ने कहा है कि कोचिंग सेंटर नहीं खुलने से अब तक बंद पड़े कोचिंग संस्थान एवं मनोरंजन स्थल के संचालकों के समक्ष भी गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है